सीएम ऑन पलायन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ग्राम्रसैंण में भूमिधर बनने के बाद लोगों के बीच रिवर्स पलायन का संदेश गया हण पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए जरूरी हैकि वहां के लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो

उन्होंने कहा कि सभी विधायकों और जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्रों का रुख करना होगा जिससे अन्य लोग भी इसके लिए प्रेरित हों उन्होंने कहा कि यही हमारी अवधारणा भी होनी चाहिए हमें पहाड़ों को विकसित करना है तो जनप्रतिनिधियों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रहकर वहां का विकास करना होगा ताकि प्रे प्रदेश का विकास हो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को अगर अवसर में बदलना हैतो प्रवासियों को दोबारा पलायन करने से रोकना होगा इसमें विधायक और जनप्रतिनिधि महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं

उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य स्विधा मुहक्षा कराने के लिए बजट की कोई कमी नहीं होने देगी

इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का समाधान किया जाय उन्होंने निर्देश दिये कि जिन अस्तपालों में चिकित्सकों और अन्य स्टाफ की कमी हा उसे दूर किया जाए

इस बीच स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी क्मार चौबे ने कहा है कि कोरोना वक्सीन बनने के बाद सबसे पहले कोरोना योद्धाओं को उपलब्ध करायी जायेगी उन्होंने कहा कि अभी तीन वक्तसीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में हैं और वज्ञानिक इनकी सफलता के लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के श्भारंभ का स्वागत किया मौसम प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से सामान्य जीवन पर खासा असर हो रहा है मद्वानी जिलों में जलभराव तो पर्वतीय क्षेत्रों में भुस्खलन और उफनाएं नदी नालों ने लोगों की मुश्किले बढ़ा दी हैं

इसके अलावा नघ्रीताल उधमसिंह नगर चंपावत देहरादून हरिद्वार टिहरी और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है परिवहन मंत्री परिवहन एवं समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने भवाली में आध्निक रोडवेज डिपो और मल्टी स्टोरी पार्किंग का शिलान्यास किया उन्होंने कहा कि कहा कि भवाली में बनने वाले आध्निक रोडवेज डिपो और मल्टी स्टोरी पार्किंग स्थल क्माऊं क्षेत्र में रोल मॉडल का काम करेगा उन्होंने बताया कि डिपो में प्रतीक्षालय प्रशासनिक भवन काज्टीन जप्ती स्विधाएं होंगी परिवहन मंत्री ने कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग को समयबद्धता के साथ ही ग्णवत्ताय्क्त निर्माण कार्य करने के निर्देश दिए वहीं पालिका अध्यक्ष भवाली संजय वर्मा ने कहा कि भवाली में पहली पार्किंग निर्माण से जनता को और अधिक स्विधाएं मिलेंगी

न्यायालय ने कहा कि छात्रों के भविष्य को बहत समय तक अधर में लटकाए नहीं रखा जा सकता

परीक्षा परिणाम उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद दवारा ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है

जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हल्द्वानी में मीडिया सेन्टर भवन बनाये जाने की घोषणा की थी वर्तमान मे मीडिया सेन्टर किराये के भवन में संचालित किया जा रहा हप फेसलेस करदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दवारा शुरू किये गए ट्रांसप्रेंट टक्क्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट यानि पारदर्शी कर प्रणाली का व्यापारी वर्ग ने स्वागत किया हण हरिदवार के व्यापारियों का कहना ह कि केंद्र सरकार लगातार कर प्रणाली में सुधार कर रही हथ प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेता कालाश केसवानी का कहना है कि फेसलेस करदाता प्रणाली की सुविधा के जरिए करदाता अपनी रिटर्न फाइल करेंगे और उसमें किसी प्रकार की अनियमितता होने पर ही उसको नोटिस मिलेगा